राज्य भर के पारा शिक्षकों ने स्थायीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर किया धरना न् प्रदर्शन स्थानीय विधायकों के आवास का भी किया घेराव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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह साढ़े दस बजे अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के द्रसरे चरण तथा सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे

परियोजना की लागत पांच हजार तीन सौ चौरासी करोड़ रुपये है सूरत मेट्रो रेल परियोजना करीब चालीस किलोमीटर लंबी है और इसमें भी दो कॉरीडोर हैं परियोजना की लागत बारह हजार करोड़ रुपये से अधिक है इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न भागों को ग़जरात के केवड़िया से जोड़ने वाली आठ रेलगाड़ियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से ँ हरी झंडी दिखाई ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवडिया के लिए शुरू की जा रही हैं ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जाने वाले पर्यटकों को सुविधा मिले अब गुजरात के अलावा देश के छह राज्यों दिल्ली महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और तामिलनाडू से केवड़िया के लिए सीधा संपर्क स्थापित हो जायेगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर टीके के दुष्प्रभाव के कारण अस्पताल में भर्ती होने की खबर नहीं है भारतीय सीरम संस्थान द्वारा तैयार किया गया टीका कोविशील्ड सभी राज्यों को भेजा गया था और भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन बारह राज्यों को भेजा गया था धनबाद जिले में टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ ली है कोरोना वायरस की वैक्सीन के रखरखाव के लिए गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है

टीकाकरण पदाधिकारी ने बताया कि जिले में स्टोर रूम से लेकर टीकाकरण केंद्र तक कोल्ड चेन मेंटेनेंस का पालन किया जा रहा है जामताड़ा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ

लातेहार जिले के सिविल सर्जन डॉ एसके श्रीवास्तव ने जिले के बरवाडीह और बालुमाथ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण सेन्टर बनाया गया था

वर्तमान में राज्य में सकिय मरीजों की संख्या एक हजार दो सौ नवासी है

राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर अंठानवें दशमलव शून्य चार प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघ्यवर दास आज छत्तीसगढ़ जाने के क्रम में सिमडेगा में रुके उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वर्तमान राज्य सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने लोकतंत्र को चुनौती देनेवाले पत्थलगड़ी के दोषियों पर से देशद्रोह का आरोप हटा दिया इसके बाद से ही यह तय हो गया था कि राज्य में विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी में उग्रवादी पोस्टर चिपका देते हैं इससे विधि व्यवस्था की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि राज्य में विधवा पेंशन के भूगतान का काम अटका हुआ है लॉकडाउन के दौरान दाल भात बांटने वाली महिलाओं को भी राशि नहीं मिली है

महिलाएं दिन में भी घर से बाहर निकलने में डर रही हैं रामगढ़ जिला स्थित दुलमी प्रखंड के सिरु बाजार में टुसू महोत्सव सह किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख स्थानीय रामगढ़ विधायक ममता देवी और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया इस अवसर पर विधायक ममता देवी ने कहा कि ट्सू पर्व हमारे झारखंड वासियों की सांस्कृतिक विरासत है बडकागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि ट्रसू पर्व झारखंडियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है मौके पर क्षेत्र के किसानों ने कृषि मंत्री को कोल्ड स्टोरेज बनाने के संबंध में सामूहिक आवेदन दिया जिस पर मंत्री ने सहमति जताते हुए इसे जल्द पूरा करने की बात कही साहिबगंज कॉलेज में प्रकृति पर्व सोहराय का समापन समारोह आयोजित किया गया समारोह में राजमहल सांसद विजय हांसदा उपायुक्त रामनिवास यादव पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा बोरियो विधायक लोबिन हेंब्रम और सिद्धु कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ सोना झरिया मिंज सहित अन्य लोग शामिल हुए समारोह को संबोधित करते हुए कुलपति डॉ सोना झरिया मिंज ने कहा कि आदिवासी समाज ने प्रकृति को संरक्षित करने का सबसे ज्यादा प्रयास किया है उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि सोहराय आदिवासियों का पर्व है जो प्रकृति से जुड़ा है खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र स्थित बिन्दा के बमरदा गांव में कई वाहनों में आग लगाने वाला प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का लाका पाहन दस्ता के एक सक्रिय सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है खूंटी के पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार महली के नेतृत्व में छापामारी दल गठित कर त्वरित कार्रवाई कर छापामारी अभियान चलाया गया और पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य ट्टी कांडीर को गिरफ्तार किया गया पारा शिक्षकों ने आज अपनी मांगों को लेकर राज्य के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन और विधायक आवास का घेराव किया पाकुड़ जिले के सैकड़ों पारा शिक्षकों ने आज लिट्टीपाड़ा झामुमो विधायक दिनेश विलियम मरांडी के आवास का घेराव किया और अपनी मांगो के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया आवास घेराव कार्यक्रम का नेतृत्व एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष चितरंजन भंडारी ने किया पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम छह सूत्री मांग पत्र विधायक दिनेश विलियम मरांडी को सौंपा विधायक श्री मरांडी ने पाराशिक्षको की बांतो को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने और सहयोग का आश्वासन दिया विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री पारा शिक्षकों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं रांची जिले के बुंडू में तमाड़ विधायक आवास के सामने पारा शिक्षकों ने सेवा स्थायीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया इस अवसर पर पारा शिक्षक अपनी मांग लिखे तख्तियां लिए हए थे पारा शिक्षकों ने कहा कि कांग्रेस झामुमो गठबंधन की सरकार ने चुनाव पूर्व कहा था कि हमारी सरकार यदि सत्ता में आती है तो तीन माह के भीतर पारा शिक्षकों की सेवा स्थायी की जायेगी लेकिन सरकार बने एक साल गुजर जाने के बाद भी पारा शिक्षकों के स्थायीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया है प्रदर्शन के बाद पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय विधायक विकास सिंह मुण्डा को एक ज्ञापन सौंपा धनबाद के टुन्डी विधायक मथुरा महतो के टाटा सिजुआ छह नंबर स्थित आवास का घेराव करने जा रहे पारा शिक्षकों को आज पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया विधायक के आवास से लगभग तीन सौ फीट की दूरी पर पुलिस ने यह कार्रवाई की पुलिस की इस कार्रवाई से पारा शिक्षकों में रोष है राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आयी है ठंड की वजह से आमजन का जीवन प्रभावित हुआ है कल राजधानी का न्यूनतम तापमान छह दशमलव तीन डिग्री सेल्शियस रिकार्ड किया गया मौसम विभाग के अनुसार अगले दो तीन दिनों के बाद ही ठंड से राहत मिलने की संभावना है

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश हेजलवूड ने पांच खिलाडियों को आउट किया

समाप्त